और राजधानी पटना समेत प्रदेश के विभिन्न भागों में आज छाये रहेंगे बादल

राज्यपाल सह कुलाधिपति लालजी टंडन ने गड़बड़ी करने के आरोप में मगध विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर कमर अहसन को कार्यमुक्त कर दिया है इस संबंध में राजभवन ने आदेश जारी कर दिया है गौरतलब है कि कुलपति के खिलाफ शिकायत मिलने के बाद छह दिसम्बर को राजभवन ने उनसे स्पष्टीकरण प्रछा था और सात दिन के अंदर जबाव देने को कहा गया था कुलपति के जबाव से राजभवन संतुष्ट नहीं हुआ इसके बाद उन्हें कार्यमुक्त करने का आदेश जारी किया गया डॉक्टर अहसन के खिलाफ परीक्षा में देरी कैलेंडर का अनुपालन नहीं करने और खरीददारी में गड़बड़ी का आरोप है नेपाल ने भारत के दो सौ पांच सौ और दो हजार के नये नोटों को प्रतिबंधित कर दिया है ये नोट दो हजार सोलह में हुई नोटबंदी के बाद लाये गये थे नेपाल सरकार के प्रवक्ता ने कहा है कि नेपाल में अब सिर्फ सौ रूपये के नोट ही चलेंगे उन्होंने कहा कि नेपाल कैबिनेट ने यह फैसला पिछले सोमवार को ले लिया था

राज्य सरकार ने प्रदेश के चार लाख से अधिक किसानों को खेती के लिए अगले वर्ष मार्च महीने तक बिजली कनेक्शन देने का निर्देश अधिकारियों को दिया है ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि पटवन के लिए किसानों को बिजली कनेक्शन देने का काम अगले मार्च तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है उन्होंने कहा कि बिजली विभाग के कर्मचारी खुद किसानों से बिजली के लिए आवेदन मांगेंगे और आवेदन देने के दस दिन के अंदर उन्हे बिजली कनेक्शन उपलब्ध करा दिया जायेगा बिजली कलेक्शन के लिए किसानों को जमीन से जुड़े दस्तावेज के साथ पहचान पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र की छायाप्रति आवेदन के साथ जमा करना होगा

राज्य मंत्रिमंडल ने इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है मंत्रिमंडल की बैठक के बाद विशेष सचिव यूएनपांडेय ने बताया कि इन थानों के निर्माण के लिए चौतीस करोड़ सोलह लाख रूपये की स्वीकृति मंत्रिमंडल ने दे दी है उन्होंने कहा कि नक्सलग्रस्त क्षेत्रों में अट्ठाईस नये थानों के निर्माण के लिए सत्रह करोड़ रूपये की भी मंजूरी प्रदान कर दी गयी है विशेष सचिव ने बताया कि राज्य के आठ जिलों शिवहर नवादा बांका दरभंगा अरवल जहानाबाद गोपालगंज एवं वैशाली में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और महिला थाना आवासीय भवन तथा बैरक का निर्माण कराने का निर्णय लिया गया है मंत्रिमंडल ने पटना जिले के पुनपुन पिंडदान स्थल पर रेलवे पुल से सटे हुए प्रनपुन नदी पर नये पुल के निर्माण की मंजूरी दे दी है मंत्रिमंडल की बैठक में कुल सोलह प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गयी शिक्षा विभाग ने चालू वित्तीय वर्ष में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के संचालन के लिए तीन करोड़ की अग्रिम निकासी की स्वीकृति प्रदान कर दी है विभाग के उप सचिव ने कहा है कि इस राशि को दूसरे मद में खर्च नहीं किया जायेगा भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक आगामी ग्यारह और बारह जनवरी को नई दिल्ली में होगी इस बैठक में पार्टी के पदाधिकारी और पार्टी के जनप्रतिनिधि भाग लेंगे नई दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक के बाद पार्टी महासचिव भूपेन्द्र यादव ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की एक बैठक कर राष्ट्रीय परिषद की बैठकों की ये तारीखें तय की गई हैं उन्होंने बताया कि उन्नीस और बीस जनवरी को नागपुर में पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चा की दो दिवसीय बैठक होगी राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष मनहर वालजी भाई जाला ने कहा है कि दस साल से अधिक दैनिक मजदूरी पर काम करने वाले नियमित सफाई कर्मियों की स्थायी नियुक्ति की जायेगी उन्होंने पटना नगर निगम के नियमित कर्मचारियों को स्थायी करने का निर्देश अधिकारियों को दिया है राजधानी पटना समेत प्रदेश भर में मौसम के मिजाज में बदलाव आ रहा है ठंड बढ़ती जा रही है मौसम विभाग के अनुसार राजधानी समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों में आज बादल छाये रहने की उम्मीद है सुबह और शाम में ठंड बढ़ रही है लेकिन दिन चढ़ने के साथ गर्मी बढ़ जाती है उधर कोहरे के कारण ट्रेनों का परिचालन प्रभावित होने लगा है कई ट्रेनें विलंब से चल रही है रेलवे ने पन्द्रह दिसम्बर से सात जोड़ी पैसेंजन ट्रेनों को रद्द करने का निर्णय लिया है कोहरे के कारण विमानों का परिचालन भी प्रभावित हो रहा है पटना हाईकोर्ट ने पूर्व और वर्तमान सांसदों और विधायकों के आपराधिक मामले का ट्रॉयल करने के लिए राज्य के हर जिले में एक एक सेशन जज को चिन्हित कर दिया है पटना हाईकोर्ट ने सर्वोच्च न्यायालय को इस संबंध में सूचना भेज दी है पटना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से इस बारे में अधिसूचना जारी करने को कहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कृषि इनपुट सब्सिडी वितरण का काम अविलंब शुरू करने का निर्देश दिया बिहार विकास मिशन के शासी निकाय की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कृषि अवशेषों के बेहतर इस्तेमाल के लिए किसानों को जागरूक करने का अभियान चलाया जाना चाहिए मुख्यमंत्री ने कई जिलों में भूजल स्तर पर चिंता व्यक्त करते हुए लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को जिलावार और प्रखंडवार जांच कराने का कहा है प्रदेश के सभी निकायों में पॉलीथिन पर तेईस दिसम्बर से प्रतिबंध लागू होगा उस दिन से प्लास्टिक पॉलीथिन का उपयोग करने वालों पर आर्थिक दंड लगाया जायेगा नगर विकास और आवास विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है सरकार प्रतिबंध को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए जागरूकता अभियान चलायेगी वैशाली कैमूर और बेगूसराय जिले में अपराधियों ने नौ लाख रूपये लूट लिये वैशाली जिले के बिदुपुर थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक बैंक के एक कर्मचारी को गोली मारकर घायल कर दिया और तीन लाख रुपये लूट लिये कैमूर जिले के भभुआ के ब्रहमचारी स्थान के निकट अपराधियों ने जनवितरण प्रणाली दुकानदार से दो लाख रुपये लूट लिये बेगूसराय जिले के फुलवरिया थाना क्षेत्र में अपराधियो ने एक महिला से एक लाख् रूपये लूट लिये पुलिस इन मामले की छानबीन कर रही है राजधानी पटना के रूपसपुर थाना क्षेत्र में पुलिस और अपराधी के बीच हुई मुठभेड़ में एक कुख्यात अपराधी मारा गया आज के सभी समाचार पत्रों ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ को बनाने के निर्णय को सचित्र प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान ने इस खबर का शीर्षक लगाया है कमलनाथ को कमान राजस्थान में पेच फंसा दैनिक जागरण का शीर्षक है कमल मध्यप्रदेश के नाथ सत्रह को लेंगे पद की शपथ इस खबर को अन्य अखबारों ने भी आकर्षक शीर्षक के साथ छापा है हिन्दुस्तान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उस बयान को सुर्खी बनाया है जिसमें उन्होंने कहा है कि कृषि इनपुट अनुदान का वितरण शीघ्र शुरू करें दैनिक भास्कर ने विकास मिशन की बैठक से जुड़ी खबर का शीर्षक लगाया है सूखे की समस्या हुई गंभीर पूरे राज्य में भूजल स्तर की जांच करायेगी सरकार इसी अखबार ने कैबिनेट के फैसले को भी प्रमुखता दी है शीर्षक लगाया है पूलिस के लिए खरीदी जायेगी आठ सौ नयी गाड़ियां सभी थानों में बनेगा आगंतुकों का कक्ष प्रभात खबर की सुर्खी है प्लास्टिक कैरी बैग पर अब तेईस से लगेगा जुर्माना इसके अलावा अखबारों ने टूटने लगा बालिका गृह चौथी मंजिल से हुई शुरूआत गोला रोड़ में मुठभेड़ मारा गया पटना का सबसे कुख्यात अपराधी मुचकुंद मेहुल चौकसी के खिलाफ इटर पोल का रेड कार्नर नोटिस और ऑनलाईन नहीं होगा क्लैट से जुड़ी खबरों को प्रमुखता दी है

ठंड में होगी वृद्धि